उन्होंने कहा कि महामारी से नि टने के भारत के तौर तरीकों में एकता और भाईचारा होना चाहिए

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के व्या क विचार विश्व के अनुकूल होंगे

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन तीन मई तक बढ़ाने की घोषणा के बादलॉकडाउन का कड़ाई से शालन सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए गए थे

आज से केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अन्सार प्रदेश में भी आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं इनमें कृषि निर्माण दवा उ करण सहित दैनिक जीवन की मुलभूत सेवाओं के साथ ही बढ़ई इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक सेवा को श्रू किया जा रहा है इंदौर भोशल और उज्जैन को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी जिलों में कार्यालय और उदयोग श्रू किए जा रहे हैं

खंडवा जिले में आज से मनरेगा के निर्माण कार्य श्रू होंगे वहींअनाज मण्डी भी ख्लेंगी ग्ना जिले में भी शर्तों के साथ क्छ क्षेत्रों में राहत मिलेगी

म्ख्यमंत्री कल मंत्रालय में कृषि विभाग की बैठक को संबोधित कर रहे थे